प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरूवार को दूसरे कार्यकाल के लिये पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें कर रहा है नमन राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर आज उल्लेखनीय सेवाओं के लिये पुलिसकर्मी सर्वोत्तम सेवाचिन्ह से सम्मानित

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के निवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद है दूसरी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्य कांग्रेस में सत्ता और संगठन के नेताओं पर इस्तीफे का दबाव बढता जा रहा है राज्य के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया द्वारा इस्तीफा दिये जाने संबंधी एक प्रेस विज्ञप्ति कल शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस विज्ञप्ति में कटारिया द्वारा अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को भेजे जाने की बात कही गई है हालांकि राजभवन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा श्री कटारिया के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही कटारिया अपने इस्तीफे से संबंधित खबरों की पुष्टि के लिये मीडिया के सामने आये

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे

लोकसभा चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता च्ना है नरेन्द्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में सभी राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है खासकर पश्चिम बंगाल और ओडीशा जहां भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है इस नए मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों के अलावा कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद है

आज वाराणसी पहंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किये लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की प्रण्यतिथि पर उन्हें श्रद्दाजलि अर्पित की और देश के लिये उनके योगदान को याद किया श्री मोदी र्न एक ट्वीट के जरिये उन्हें श्रद्वाजलि दी इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आज पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दी ये सभी लोग पंडित नेहरू की शांति वन स्थित समाधि स्थल पर गए और उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित कर याद किया

इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर विशेष अलर्ट जारी कर रखा है पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि दो हजार के जाली नोटो के साथ कृछ दिन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद यह अलर्ट जारी किया है

इस अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्यस्तरीय समार्राह आयोजित किया गया इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने अकादमी के परेड ग्राउण्ड में सेरेमोनियल परेड की सलामी ली इस अवसर पर प्रदेश में सबसे अच्छे तीन पुलिस थानों को भी सम्मानित किया गया साथ ही पुलिस का सहयोग करने वाले आम लोगों को भी सम्मान दिया गया प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे है भरतपुर में पुलिस परैड ग्राउंड में हुए समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक हैदरअली जैदी की उपस्थिति में आकर्षक परैड का प्रदर्शन किया गया

अभियान के तहत नगर निगम का दल आज से लगातार कोचिंग सेन्टरों में जाकर फायर अनापति प्रमाण पत्र भवन में व्यावसायिक गतिविधि स्वीकृति और यातायात अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच करेगा साथ ही मौके पर ही कोचिंग ले रहे छात्र छात्राओं को फायर ड्रिल की जानकारी देते हुये बचाव के सभी उपाय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बताये जायेंगे फायर और व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति नहीं पाये जाने पर कोचिंग संचालको के विरूद्व प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी

पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर लिया है

अधिकतर स्थानों पर पारा सुबह से ही चढा हुआ है तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित है

जोधपुर में भी बढते तापमान और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है गर्मी से बचने के लिये लोगों ने अपनी दिनचर्या में भी बदलाव किया है